रेलवे ने बारह अगस्त तक मेल एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्द यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है

एक जुलाई से बारह अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाडियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा

बोर्ड ने यह भी कहा है कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी

न्यायालय को बताया गया कि विद्यार्थियों को बाद में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने या पिछली परीक्षा पर आधारित आकलन के विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा

उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम चार यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हें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

श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार तीन वर्ष से बंद पड़े राजधानी रांची स्थित होटल अषोक विहार का पूर्ण रुप से अधिग्रहण करेगी

झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम पर फिलहाल रोक लगाने के इनकार कर दिया है उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और जेपीएससी को षपथ पत्र के माध्यम से तीन सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देष दिया है

केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा निदेषालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना महामारी को लेकर उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए विद्यालय शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी वहीं स्कूलों के पूर्ववत संचालन शुरू होने तक केवल मासिक शुल्क लेने का निर्देष दिया गया है षिक्षण शुल्क जमा नहीं कर पाने की स्थिति में किसी भी विद्यार्थी का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा साथ ही विद्यालय में कार्यरत षिक्षक और षिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी

गिरिडीह जिले में बैंक के माध्यम से व्यवसाइयों को सुविधाजनक तरीके से ऋण देने की प्रक्रिया षुरू की गई है

अब तक राज्य में कुल मिलाकर सोलह सौ पांच लोग स्वस्थ्य हो चुके हैं

हजारीबाग जिला में सात नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं सिविल सर्जन डॉ संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी दी इसमें से पांच विष्णुगढ़ प्रखंड के रहने वाले हैं और वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्वारंटाइन किया गया था एक अन्य मामला दारू प्रखंड का है जिसे जबरा पंचायत भवन में क्वॅरिंटाइन किया गया था सातवां कोरोना पॉजिटिव रिमांड में लिया गया कैदी है जो सूरत से लौटा था

इसमें से दो की मौत हो गई है

साहिबगंज जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने दो और कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के पालघर जिले से आये हुए व्यक्ति का कोरोना रिजल्ट पोजेटिव पाया गया है

यह व्यक्ति हाल ही में अपने निजी वाहन के द्वारा साहिबगंज आया जबकि साहिबगंज सिविल कोर्ट के एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी पाजिटिव पाया गया है डीसी ने बताया कि इसके साथ साहिबगंज में फिलहाल तीन कोरोना के केस हैं

जिले में अब तक तीन सक्रिय मरीज हें

राज्य के अलग अलग जिलों में वज्रपात की घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई है गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड के सिदबाग पंचायत के चुंडा आदिवासी टोला में कल रात ठनका गिरने से दो सगे भाईओं की मौत हो गई है

मृतक के चाचा भी ठनका गिरने से घायल हैं वहीं गिरिडीह जिले में वजपात से एक वृद्ध की मौत हो गई वे गांवां थाना क्षेत्र के सेरुआ गांव के रहने वाले थे ग्मला सदर थाना क्षेत्र के देवीडीह गांव के समीप कल शाम एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई

मोटरसाइकिल पर दंपती सहित चार बच्चे सवार थे खूंटी में विवादित पत्थलगड़ी नेता रामजीव मुंडा की बुधवार देर रात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी इस संबंध में एसपी आश्तोष शेखर ने कल रात को संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि मृतक के खिलाफ किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और रामजीव पूर्व से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा था एसपी ने कहा कि रामजीव मुंडा का पत्थलगड़ी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं उन्होंने कहा कि अनुसंधान जारी है जल्द ही कारणों का खुलासा कर हत्या में शामिल अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा

शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया